आज हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर बापू के विचारों पर रिपोर्ट प्रसारित कर रहे हैं महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आजादी चाहने वाले देशों के लिए एक उदाहरण बने

आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं

श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की ताकत है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहानी सुनाने की कला पर विस्तार से बताया कि कैसे यह हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है हर परिवार में कोई न कोई बूजुर्ग और अग्रज कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा नई ऊर्जा से भर देते थे प्रधानमंत्री ने कहा कि द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग शहरों के कथाकारों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि परिवार के हर सदस्य को देश के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं से परिचित कराना चाहिए

उन्होंने भगत सिंह के साहस और वीरता को नमन करते हुए कहा कि शहीद भगतसिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे और चिन्तक भी

यह दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिवस होता है उन्होंने कहा कि अगर गांधी के आर्थिक चिंतन की मूल भावना को समझा गया होता तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती

इधर भारत में नए संक्रमित लोगों की तुलना में कोविड से स्वस्थ रोगियों की संख्या लगातार सातवें दिन अधिक बनी रही

प्रतिदिन स्वस्थ होने की उच्च दर के कारण संक्रमण से स्वस्थ लोगों की अधिकतम संख्या के साथ भारत विश्व में अग्रणी स्थान पर है यह केन्द्र राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा समय पर प्रभावी उपायों के कारण संभव हुआ है

शिविर में पांच हजार लोगों का टेस्ट करने का लक्ष्य है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

इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह रविवार को रांची पहुंचे एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जमींदारी प्रथा को कांग्रेस पार्टी ने खत्म करने का काम किया उसी जमींदारी प्रथा को देश में एक बार फिर से थोपने की कोशिश हो रही है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह ने एक सैनिक के रूप में देश की सेवा करने के साथ राजनेता के रूप में मिले विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए जनमानस में अपनी विशिष्ट पहचान कायम की उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त विदेश और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए कई उल्लेखनीय कार्य किये राज्यपाल ने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को चिरशांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें इधर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए उनका योगदान सदैव स्मरण रहेगा कोडरमा के उपायुक्त रमेश घोलप ने जिले में संचालित पत्थर खदानों का लीज रद्द कर उसे बंद करने का आदेश जारी किया है गौरतलब है कि कोडरमा जिले के डोमचांच मरकच्चो और नवलसाही की पत्थर खदानों में हाल के दिनों में कई मजदूरों की मौत हो गई थी मजदूरों की मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने सभी खदानों की सुरक्षा संबंधित मानकों की जांच करने का निर्देश जिला खनन पदाधिकारी को दिया है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा जिले के रंका में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आम जनता की समस्याएं सुनी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हेमंत सरकार झारखंडी सरोकार की सरकार है गढ़वा जिले के सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए विभाग के अधिकारियों को डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है

इस योजना का लाभ योग्य व्यक्तियों को मिले इसके लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व डीलरों को पूरी तत्परता के साथ काम करने की जरुरत है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एके वार्षणेय चर्चा में भाग लेंगे

पाकुड़ जिले की पुलिस साइबर क्राइम को खत्म करने और लोगों को सचेत करने के लिए पुलिस जनजागरूकता अभियान चला रही है पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल के निर्देश पर जिले के सभी थानों और आउटपोस्ट में थाना दिवस के मौके पर रविवार को जनजागरूकता अभियान की शुरूआत की गई थानेदारों की ओर से लोगों को साइबर क्राइम की प्रवृति इससे बचने और इस अपराध से जुड़े अपराधियों की पहचान के तरीकों की जानकारी दी गई इस दौरान लोगों को फर्जी मोबाइल कॉल करके एटीएम खाता संख्या पैन कार्ड और आधार कार्ड संख्या की निजी जानकारी किसी को साझा नहीं करने का सुझाव दिया

चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र में अवस्थित सीसीएल के बारूद घर पर बीती देर रात जंगली हाथियों के झुण्ड ने हमला किया हाथियों के झुंड ने बारूद स्टोर के गार्ड रूम रसोई घर बैरक व मेन गेट सहित पानी की टंकी व परिसर में लगी फसलों को ध्वस्त कर दिया इस दौरान बारूद घर की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवानों ने किसी तरह जंगल में भाग कर अपनी जान बचाई